इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम को रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा राज्य सरकार के सभी विभागों द्वारा सौ दिन के लिए तय लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है इसके माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय में परियोजना निगरानी सेल सभी विभागों के तय लक्ष्यों की रिपोर्ट का नियमित अनुश्रवण करेगा इस सैल के सचिव आरएन बत्ता ने कल शिमला में विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर की पूरी कार्यप्रणाली एसएमएस मेल और ऑनलाईन एंट्री पर आधारित है जिससे समूचा कार्य कागज रहित होगा आरएन बत्ता ने सभी विभागध्यक्षों से अपनी कार्य प्रगति रिपोर्ट इसके माध्यम से नियमित तौर पर भेजने को कहा है इस बीच सौ दिन के लक्ष्य की पूर्ति के उद्देश्य से चम्बा में उपायुक्त हरीकेश मीणा की अध्यक्षता में कल एक बैठक हुई इसमें तय लक्ष्य मार्च तक पूरा करने के निर्देश सभी विभागों को दिए गए और होशियार हैल्पलाईन व गुड़िया हैल्पलाईन के तहत मिलने वाली शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने को कहा गया मीणा ने बताया कि सरकार के निर्देशों के मुताबिक सौ दिन के लक्ष्य के तहत जिले में कार्य प्रगति पर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाओं पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कांगड़ा जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सूचना व जनसम्पर्क विभाग के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटकों के जरिए जननी शिशु सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान सहित लोगों को दूषित पानी से होने वाले रोगों के बचाव के बारे में जानकारी दी गई

खंड परियोजना प्रबंधक जीत सिंह ने योजना संबंधी जानकारी सांझा की क्षेत्र के विभिन्न किसानों के खेतों व योजना के तहत लगाए पॉलीहाउस का दौरा भी उन्होने किया सदस्यों ने सब्जी उत्पाद के विभिन्न पहलुओं पर किसानों से चर्चा की प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीदेवी का दुबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज बादल छाये हुए हैं जबकि बीती रात कुछ स्थानों पर वर्षा और अधिक उंचाई वाले इलाकों में हिमपात हुआ है जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण के शब्द हैं सूखे पर राहत की बारिश प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से किसानों बागवानों की उम्मीद जगी

हिमाचल दस्तक का कहना है चोटियों पर बर्फबारी मैदान भीगे प्रदेशभर में बदला मौसम पंजाब केसरी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है राज्य में हथकरघा व हस्तशिल्प की ब्रांडिग की आवश्यकता दैनिक सवेरा टाईम्स का शीर्षक है कृषि बागवानी क्षेत्र में कौशल विकास की दरकार

दैनिक भास्कर लिखता है एचपीसीए को सोसायटी से कंपनी बनाने के फैसले को सही ठहराने की तैयारी में सरकार दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय नशे का कारोबार में लिखता है कि दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को सजा दिलाने का जितना दायित्व पुलिस का है उतना ही आम लोगों का भी है